स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत मध्यप्रदेश ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश के सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है

इनमें बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किये भोपाल में गांधी जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित की गयी राज्यपाल आनंदी बेन पटेल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किये उन्होनें लालबहादुर शास्त्री का भी स्मरण किया प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यकम में महात्मा गांधी और लालबहादुर शास्त्री को श्रद्वा सुमन अर्पित किये प्रदेश में आज से समाज कल्याण विभाग द्वारा मद्य निषेध सप्ताह की भी शुरूआत की गयी है इस दौरान नशा मुक्ति के लिये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है वहीं भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में आज से गांधी फिल्मोत्सव भी शुरू हो गया है

अब से भोपाल स्थित रवीन्द्र भवन में अब से कुछ देर बाद महात्मा गांधी अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा

रैली को अंतराष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में सिल्वर पदक विजेता मनीषा कीर और जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया रैली के समापन पर कलेक्टर विजय दत्ता ने प्रतिभागियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष मताधिकार की शपथ दिलायी सागर में इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया डाक्टर हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत परिसर की साफ सफाई की गई नीमच में सीआरपीएफ कर्मियों ने स्वच्छता की शपथ ली छतरपुर जिले में आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ दिलायी गई और विकास कार्यो के लिये कार्य योजना भी तैयार की गयी खंडवा में भी विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता को याद किया गया इस अवसर पर रेलवे द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाडे का जागरूकता रैली के साथ समापन हुआ अशोक नगर में गांधी जयंती पर कई कार्यकर्मो के साथ ही जिला मुख्यालय पर एक जागरूकता रैली निकाली गयी जिसमें मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित किया गया जिला अस्पताल में एक रक्तदान शिविर भी इस अवसर पर आयोजित किया गया होशंगाबाद में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहाद्र शास्त्री की जयंती पर अलग अलग कार्यकमों में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किये गये यहां गांधीजी के संदेशों के साथ रैली भी निकाली गयी जिले में आज ग्रामसभाओं का भी आयोजन किया गया

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की पहल पर राष्ट्रीस ग्रामीण पंचायत संस्थान हैदराबाद ने यह प्रोजेक्ट तैयार किया है प्रदेश की नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिह ने मेला परिषद कार्यकम में इसकी औपचारिक शुरूआत की

इसके अंतर्गत मानव विकास और समाज के सबसे गरीब वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जायेगा

आशा कार्यकर्ता प्रदर्शन प्रदेश भर से आई आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के समक्ष प्रदर्शन किया बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं को पूलिस ने पालीटेकनिक चौराहे पर ही रोक लिया जहां आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगो के समर्थन में नारेबाजी की और धरना पर बैठ गयी आम आदमी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने यहां पहुंचकर उनका समर्थन किया

अधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि इस दौरान उड़द पांच हजार छह सौ रूपये मूंग छह हजार नौ सौ पिचहत्तर रूपये मूंगफली चार हजार आठ सौ नब्बे रूपये और तिल की खरीदी पांच हजार छह सौ पिचहत्तर की दर से की जाएगी जबकि सोयाबीन की खरीदी तीन हजार तीन सौ नियानवे और मक्का एक हजार सात सौ रूपये प्रति क्विंटल के मूल्य पर खरीदी जाएगी बडी संख्या में किसानों ने पंजीयन कराया है समर्थन मूल्य पर खरीदी से प्रदेश के पच्चीस लाख किसान लाभान्वित होंगे सपाक्स समाज पार्टी अनूसुचित जाति जनजाति अधिनियम में किये गये संशोधन का विरोध कर रहे सपाक्स संगठन ने नये राजनैतिक दल का गठन किया है भोपाल में आज हुई बैठक में इस दल का नाम सपाक्स समाज पार्टी रखने का फैसला लिया गया हीरालाल त्रिवेदी इसके अध्यक्ष होंगे

खेल संचालक डाक्टर एसएलथाउसेन ने बताया कि मध्यप्रदेश रोइंग एसोसिएशन के सहयोग से इस चैंम्पियनशिप का आयोजन किया जा रहा है